भाषा कला व संस्कृति मंत्री गोविंद ठाकुर ने नवरात्रों के दौरान श्रद्दालुओं को सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश प्रदेश भाजपा का कांग्रेस पर अटल टनल रोहतांग और कृषि बिल पर ओछी राजनीति करने का आरोप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

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने में डाक कर्मियों की सेवाओं की सराहना की है राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में डाक सेवाओं में आम आदमी का भरोसा बढ़ा है और अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं उन्होंने डाक सेवाओं में प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल पर भी बल दिया विश्व डाक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सर्किल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नीरा रंजन शेरिंग ने आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की नीरा रंजन ने राज्यपाल को प्रदेश में डाक सेवाओं की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय अपराध की रोकथाम सकिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर लिया गया है मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंड् सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी प्रदेश पुलिस अपनी उपलब्धियों से हिमाचल को गौरवान्वित करेगी शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि रामविलास पासवान को दलितों के उत्थान के लिए दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है महेन्द्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने अधिकारियों को आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने सामाजिक दूरी व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है विवेक मोहन वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन अभियान से प्रेरित होकर शिमला निवासी और हिमाचल प्रदेश से पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार विवेक मोहन ने भी कोरोना से लड़ाई में तीन मूल मंत्र अपना कर लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के टक्का गांव में नवनिर्मित पशु औषधालय का लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि इसके बनने से क्षेत्र के पशु पालकों को उनके घर द्वार पर सुविधा मिलेगी वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि कूटलैहड़ क्षेत्र के बरनोह गांव में क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है जिसके बनने से विभिन्न प्रकार के पशु विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे

वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी ज़िला उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद ठाकुर ने कहा कि श्रद्वालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शक्तिपीठों को अधिक समय तक खुला रखने की व्यवस्था की जाए गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को मंदिरों से जुड़ी जानकारी से श्रद्वालुओं को अवगत करवाने के लिए जिलो में सांस्कृतिक केन्द्रों को स्थापित करने के भी निर्देश दिए बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कृतसंकल्प है कांगड़ा जिले में परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अप्पर भलवाल व नारी में जनता से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्रदेश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं बिकम ठाक्र ने कहा कि क्षेत्र में निर्मित तीन नई पंचायतों नारी अप्पर भलवाल व दोदू राजपूतां के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नई राहें नई मंजिल योजना के तहत पौंग झील में पांच करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं

राकेश पठानिया ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के भी निर्देश दिए कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर अटल टनल रोहतांग और कृषि बिल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि टनल बनाने का अधिकतम श्रेय भाजपा को जाता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस की तुलना में तेज गति से इस टनल के निर्माण के लिए कार्य किया सुरेश कश्यप ने ये भी कहा कि केंद्र द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के हित में है और कांग्रेस इसे लेकर भी देश भर में भ्रांतियां फैला रही है

आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप ग्राम पंचायत विकास खंड जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय व राज्य निर्वाचन आयोग की वैबसाईट पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है